राज्यपाल मुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने जताया शोक

और राष्ट्रीय रग्बी फूटबॉल के बालक वर्ग में बिहार ने रजत पदक जीता

श्री क्शवाहा के निधन पर राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कूमार उपमूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिसद के सभापति हारून रशिद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित पार्टी के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया उपमूख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने कहा कि श्री क्शवाहा कर्मठा नेता थे और उनके निधन से पार्टी को अप्रणीय क्षति हुई है पटना स्थित कृशवाहा के आवास पर श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं के आने का सिलसिला जारी है उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद पटना के गूलबीघाट पर किया जायेगा हिमालय की तराई क्षेत्रों में बर्फवारी के कारण राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है गया प्रदेश का सबसे ठंड शहर रहा है जहां का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव चार डिग्री सेल्यिस रिकार्ड किया गया जबकि पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव तीन डिग्री सेल्यिस रहा मौसम विभाग ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है राज्य सरकार ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है साथ ही सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने को कहा गया है कोहरे के कारण पटना और राज्य के अन्य प्रमूख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है राजधानी एक्सप्रेस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस महानंदा एक्सप्रेस कुंभ एक्सप्रेस घंटों विलंब से चल रही है घने कोहरे के कारण हावड़ा आंनदविहार एक्सप्रेस किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का परिचालन पच्चीस दिसम्बर से पन्द्रह फरवरी तक रद्द कर दिया गया है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य में चालू वित्त वर्ष के नवंबर तक पन्द्रह हजार चार सौ छियासठ करोड़ रुपये कर राजस्व की वसूली हुई है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले अड़तीस प्रतिशत अधिक है श्री मोदी ने बिहार वित्त सेवा के नब्बे नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद कहा कि राज्य के कुल कर राजस्व का सत्तर प्रतिशत वाणिज्य कर विभाग संग्रहित करता है उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष अठारह उन्नीस के दौरान राज्य में सत्ताईस हजार करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य रखा गया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले महीने शुरू की गई सरकारी ऋण योजना उनसठ मिनट के अंतर्गत सैंतीस हजार चार सौ बारह करोड़ रुपये के ऋण के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के एक लाख बारह हजार से अधिक आवेदन मंजूर किए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस महीने की पच्चीस तारीख तक सरकारी बैंकों ने एक लाख इकतीस हजार आवेदनों में से एक लाख बारह हजार आवेदनों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है केन्द्र सरकार ने प्याज उगाने वाले किसानों के लिए निर्यात प्रोत्साहन राशि मौजूदा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दी है कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे घरेलू बाजारों में प्याज का बेहतर मूल्य मिलेगा मौजूदा समय में प्याज की अधिक आपूर्ति से मंडियों में इसकी कीमत कम हो गई है मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी स्थिति रोकने के लिए प्याज का निर्यात बढ़ाने का फैसला किया गया है ताकि घरेलू बाजार में इसकी कीमत स्थिर रहे प्रदेश के चौरानवे न्यायिक पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक की संस्तृति पर इन न्यायिक पदाधिकारियों को निय्रक्ति अब अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर होगी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार असैनिक न्यायाधीशों के पद पर कार्यरत चौरानवे न्यायिक पदाधिकारियों को पचहत्तर प्रतिशत कोटा के विरूद्ध वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के लिए प्रोन्नति दी गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात रेडियो कार्यक्रम की यह इक्यावनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट गव डॉट इन पर भी इसका सुबह ग्यारह बजे से प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका दोबारा प्रसारण रात आठ बजे सुना जा सकता है केन्द्रीय विज्ञान और प्रावैधिकी मंत्रालय ने पटना साइंस कॉलेज सहित राज्य के चार महाविद्यालयों का चयन स्टार कॉलेज कटेगरी के लिए किया है राज्य से चयनित तीन अन्य कॉलेजों में पटना के एएनकालेज गंगा देवी कॉलेज और मुंगेर के आरडी एंड डी जे कॉलेज शामिल हैं मंत्रालय के डिपार्टमेंट आफ बयो टेक्निलॉजी की ओर से हर साल देश के शिक्षा संस्थानों का चयन इस श्रेणी में प्रयोग और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है प्ररे देश में छत्तीस कॉलेजों का चयन किया गया है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने बिल्डरों और प्रमोटरों को एक महीने की राहत देते हुए परियोजनाओं के निबंधन की तिथि विलंब शुल्क के साथ इकतीस जनवरी तक बढ़ा दी है रेरा के सदस्य आलोक कुमार सहाय ने बताया कि यह छूट ऐसे बिल्डरों को दी गयी है जो स्वेच्छा से निबंधन के लिए आगे आ रहे हैं पटना जिला प्रशासन ने पहली जनवरी को गंगा में नौका परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है साथ ही एसडीआरएफ की तीन टीमों को गांधी घाट से पाटी पूल घाट तक प्रतिनिय्क्त करने का निर्देश दिया गया है पर्यटन मंत्रालय एक मोबाईल एप्प विकसित करेगा जो देश में पांच प्रसिद्ध स्थानों के लिए ऑडियो वीडियो गाइड के तौर पर काम करेगा और इन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के दौरान लोगों की मदद करेगा इन पांच स्थलों में बिहार का महाबोधि मंदिर भी शामिल है भूवनेश्वर में आयोजित चौसठवीं राष्ट्रीय रग्बी चैम्पियनशिप के बालक वर्ग में बिहार की टीम ने रजत पदक हासिल किया है इस प्रतियोगिता के अंडर फोर्टीन वर्ग के फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने बिहार को एक शून्य से पराजित किया जबकि बालिका वर्ग में बिहार की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सरकार ने पोक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी

दैनिक जागरण लिखता है केन्द्र ने देश की पहली मानव गगनयान योजना को दी मंजूरी सात दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजे जायेंगे तीन भारतीय ठंड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए अखबार लिखता है सुबह में शीत लहर राजधानी का पारा गिरा दैनिक भास्कर का शीर्षक है दर्शकों को केवल चैनेल चुनने की मियाद ट्राई ने इकतीस जनवरी तक बढ़ायी राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कृषि कर्ज पर ब्याज से मिलेगी मुक्ति

राज्यपाल मुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने जताया शोक

और राष्ट्रीय रग्बी फूटबॉल के बालक वर्ग में बिहार ने रजत पदक जीता